कोविड फंड प्रदेश में लोगों ने बढ़ चढ़ कर और उदारतापूर्वक कोविड फंड में योगदान दिया है

एक सरकारी प्रवक्ता के अनुसार कोविड फंड के बेहतर प्रबंधन के लिए पूरी पारदर्शिता अपनाई जा रही है

इनमें उद्योगपति व्यापारी संगठन पंचायत महिला मण्डल आम लोग और विद्यार्थी भी शामिल हैं स्वच्छ भारत स्वच्छ भारत मिशन ने देश में स्वच्छता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है ये अभियान ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अलग अलग चलाया गया है

खूले में शौच मुक्त की स्थिति बरकरार रखने और कोई भी परिवार शौचालय से वंचित न रहे यह सुनिश्चित करने के लिए इस अभियान का दूसरा चरण शुरू किया गया है इसे ओडीएफ प्लस का नाम दिया गया है जिसमें ठोस व तरल कचरे के प्रबंधन पर विशेष जोर दिया जा रहा है सुरेश कश्यप प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा है कि प्रदेश में एक मज़बूत व सशक्त सरकार है और हाल ही में मंत्रिमण्डल विस्तार भी बेहद संतुलित तरीके से हुआ है

एक सवाल पर उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव पार्टी सिॅंबल पर करवाने का फिलहाल कोई विचार नहीं है रक्षा बंधन भाई बहन के पवित्र प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन पर्व कल मनाया जाएगा इस पर्व को देखते हुए प्रदेश को विभिन्न जिलों में आज बाजार खूले रहे और लोगों ने खरीददारी की राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने लोगों को रक्षाबंधन पर्व की बधाई दी है उन्होंने उम्मीद जताई कि ये त्योहार आपसी भाईचारे को बढ़ाएगा मंत्रिमण्डल सदस्यों कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीरभद्र सिंह और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने भी रक्षाबंधन पर्व की शुभकामनाएं दी हैं

एक बयान में उन्होंने कहा कि वे बागवानी मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकूर को पूरी स्थिति से अवगत करवा चुके हैं और उनसे विशेषज्ञों के साथ स्कैब प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने का आग्रह किया गया है बरागटा ने कहा कि शिमला जिले समेत मण्डी कल्ल और चम्बा जिलों में भी ये रोग दस्तक दे चुका है भारद्वाज शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए पौधरोपण की आवश्यकता पर बल दिया है शिमला के समीप फागू के परोला में पौधरोपण कार्यक्रम में उन्होंने इस कार्य में सभी लोगों से बढ़ चढ़ कर आगे आने का आहवान किया पौधरोपण सोलन जिले में इस मॉनसून सीजन में वन विभाग ने करीब दो लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है वन मंडल अधिकारी नीरज कुमार ने बताया कि विभिन्न स्वयं सेवी संस्थाएं और पंचायतें इस कार्य में सहयोग कर रही हैं उन्होंने कहा कि पौधे लगाने के बाद उन्हें संरक्षित करने का भी प्रयास किया गया है

एक बयान में उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए जनहित में परीक्षा स्थगित करना उचित रहेगा संस्कृत दिवस विश्व संस्कृत दिवस पर आकाशवाणी से कल पहली बार संस्कृत में विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा